मिली जानकारी के अनुसार माओवादियों ने गढ़चिरौली के कुरखेड़ा तालुका के जम्बुलखेड़ा के पास एक पुलिस वाहन को निशाना बनाते हुए बारूदी सुरंग का विस्फोट किया

विस्फोट इतना जबरदस्त था कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए इस घटना में पन्द्रह जवान शहीद हो गए वहीं एक ड्राइवर की भी मौत हो गई है महाराष्ट्र के वित्त और वन मंत्री सुधीर मुनगन्तीवार ने बताया कि ये विस्फोट उस समय हुआ जब सुरक्षाकर्मी महाराष्ट्र दिवस समारोह में शामिल होने जा रहे थे आज महाराष्ट्र में राज्य स्थापना दिवस मनाया जा रहा है इस घटना को देखते हुए छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र सीमा से लगे इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के ठीक एक दिन पहले माओवादियों ने गढ़चिरौली में आईईडी विस्फोट किया था जिसमें पेट्रोलिंग पर निकले सीआरपीएफ के कई जवान घायल हो गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गढ़चिरौली में सुरक्षाकर्मियों पर हुए जघन्य हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है अपने ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस तरह की हिंसा की साजिश करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे उन्होंने सभी बहादुर सुरक्षाकर्मियों को नमन करते हुए कहा कि उनका यह बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता है प्रधानमंत्री ने कहा है कि उनकी भावनाएं और सहानुभूति शहीद जवानों के परिवारों के साथ हैं

उन्होंने कहा कि केंद्र की ओर से राज्य सरकार को हरसभंव मदद पहुंचाई जा रही है राजनाथ सिंह ने कहा कि देश को अपने पुलिस जवानों की बहादुरी पर बहुत गर्व है और इनका राष्ट्र की सेवा के दौरान दिया गया सर्वोच्च बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इस माओवादी हमले को दुखद और निंदनीय बताया है उन्होंने शहीद जवानों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त की हैं मुख्यमंत्री ने कहा माओवादी समस्या केवल प्रदेश के लिए नहीं पूरे देश के लिए कड़ी चुनौती है जिसका दृढ़ता के साथ एकजुट होकर मुकाबला करना होगा इस बीच महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में ही माओवादियों ने बीती रात सड़क निर्माण कार्य में लगी करीब सत्ताईस मशीनों और वाहनों को आग के हवाले कर दिया इन वाहनों में ग्यारह टिप्पर डामर प्लांट की मिक्सर मशीन दो जेसीबी जनरेटर और दो पेट्रोल डीजल के टैंक शामिल हैं यह घटना कुरखेड़ा तहसील के अंतर्गत दादापुर के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुई है माओवादी गिरफ्तार बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने आज एक लाख रूपए के इनामी माओवादी समेत छह माओवादियों को गिरफ्तार किया है मिली जानकारी के अनुसार जिला पुलिस बल और सीएएफ पुलिस के जवानों ने सर्चिंग के दौरान जिले के बेदरे थाना क्षेत्र के अंतर्गत भूरी टोकला गांव इन माओवादियों को गिरफ्तार किया है पुलिस के मुताबिक इन माओवादियों पर लूटपाट हत्या और आगजनी जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं उधर नारायणपुर जिले में माओवादियों ने मुखबिरी के शक में अलग अलग गांवों में जनअदालत लगाकर तीन ग्रामीणों की हत्या कर दी नारायणपुर के पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग ने इस मामले की पुष्टि की है

इसके लिए प्रदेश में मतगणना अधिकारियों को जिला और राज्य स्तरीय प्रशिक्षण दिया जाएगा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने बताया कि अधिकारियों को प्रशिक्षण में मतगणना के दौरान मतगणना केन्द्र और कक्ष में बरती जाने वाली सावधानियों और अन्य आवश्यक दिशा निर्देशों के बारे में बताया जाएगा उन्होंने बताया कि प्रत्येक जिला मुख्यालय में मतगणना के लिए रिटर्निंग ऑफिसर सहायक रिटर्निंग ऑफिसर और मतणना सहायक रिटर्निंग ऑफिसर को प्रशिक्षण दिया जाएगा इसके साथ ही प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के मास्टर ट्रेनर तथा उप जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को भी प्रशिक्षित किया जाएगा श्री साहू ने बताया इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों की शुरूआत नौ मई को कांकेर से होगी इसके साथ ही दस मई को जगदलपुर तेरह मई को राजनांदगांव और चौदह मई को जांजगीर चांपा तथा महासमुंद जिले में प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा वहीं रायपुर में सत्रह मई को प्रदेश के सभी कलेक्टर सह जिला निर्वाचन अधिकारी तथा उप जिला निर्वाचन अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा

रजत कुमार को समाज कल्याण विभाग के संचालक के साथ यह अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है श्री कुमार वर्ष दो हजार पांच बैच के आईएएस अधिकारी हैं कमल विहार प्रोजेक्ट केन्द्रीय पर्यावरण मंडल से अनुमति लिए बिना प्रदेश के रायपुर स्थित कमल विहार परियोजना के निर्माण कार्य पर रोक लगाने संबंधी याचिका को उच्चतम न्यायालय ने खारिज कर दिया है अदालत ने कल अपने फैसले में रायपुर विकास प्राधिकरण आरडीए को बड़ी राहत देते हुए कमल विहार में चल रहे निर्माण कार्यों पर लगाई गई रोक को हटाने का आदेश दे दिया है न्यायमूर्ति रोहिन्टन फली नरीमन और न्यायमूर्ति विनीत सरन की बैंच ने यह फैसला सुनाया गया गौरतलब है कि राजेन्द्र शंकर शुक्ला रविशंकर शुक्ला और डॉक्टर रंजना पांडेय की तरफ से उच्चतम न्यायालय में पन्द्रह मार्च को याचिका लगाई गई थी इसके बाद से निर्माण कार्य बंद कर दिया गया था आरडीए के सीईओ एनके शुक्ला के मुताबिक जल्द ही कार्य शुरू कर परियोजना से जुड़े हितग्राहियों को लाभ दिया जाएगा हाथी हमला मौत महासमुंद जिले से बीस किलोमीटर दूर परसाडीह गांव में धान की फसल की रखवाली कर रहे एक किसान की हाथी के हमले से मौत हो गई मिली जानकारी के मुताबिक कुछ किसान अपने खेत में बने मचान पर फसल की रखवाली कर रहे थे इसी दौरान हाथी ने उन पर हमला कर दिया जिसमें एक किसान की मौत हो गई वन विभाग की ओर से मृतक के परिजनों को पच्चीस हजार रूपए सहायता राशि प्रदान की गई है अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस आज अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस है इसे अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस या मई दिवस के रूप में भी जाना जाता है यह दिन कामगारों के योगदान को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस का विषय है सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए श्रमिकों का एकीकरण अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाने का उद्देश्य पूरे विश्व में आर्थिक और सामाजिक अधिकारों की प्राप्ति में श्रमिकों के त्याग के प्रति आभार व्यक्त करना है उन्नीसवीं शताब्दी के शुरू में औद्योगीकरण के दौरान उद्योगपति मजदूरों का शोषण किया करते थे और उनसे हर रोज पन्द्रह घंटे तक काम कराते थे इसके विरोध में मजदूर एकजुट होकर खड़े हो गये और उन्होंने वेतन के साथ छुट्टी उचित मजदूरी और साप्ताहिक अवकाश की मांग उठाई

प्रदेश में भी अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के मौके पर श्रम विभाग सहित अन्य मजदूर संगठनों द्वारा अनेक आयोजन किए जा रहे है रविन्द्र चौबे स्वास्थ्य प्रदेश के कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे की तबीयत में पहले से काफी सुधार हो गया है डॉक्टरों के मुताबिक श्री चौबे का रक्तचाप सामान्य चल रहा है और उनकी डायलिसिस भी पूरी हो चुकी है वे अब सामान्य रूप से बातचीत कर रहे हैं डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें पूरी तरह से सेहतमंद होने तक कुछ दिन और अस्पताल में रखा जाएगा गौरतलब है कि श्री चौबे बीती सत्ताईस अप्रैल को चुनाव प्रचार के लिए उत्तरप्रदेश के दौरे पर गए थे इस दौरान अचानक तबीयत खराब होने के बाद लखनऊ के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था बाद में उन्हें पीजीआई अस्पताल में स्थानांतरित किया गया